राज्य में आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत निशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने के लिये न्याय पंचायत स्तर पर शिविर लगाये जायेंगे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

कुंभ मेला केंद्र ने उत्तराखंड सरकार से कुंभ मेले के दौरान कोविड संक्रमण रोकने के कड़े उपाय करने के निर्देश दिये है

आज विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर नैनीताल जिले के रामनगर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वन संरक्षण एवं संवर्धन में महिलाओं की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ ही कौशल विकास के माध्यम से उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है

इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही कार्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आमडंडा में जिम कार्बेट एवं वन्य जीवों पर आधारित लाइट एंड साउंड शो और एम्फीथिएटर की स्थापना की जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्बेट नेशनल पार्क के डेला रेंज में निर्माणाधीन विश्व स्तरीय वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर को बाघों के दर्शन के लिए पर्यटकों के लिए खोला जाएगा उन्होंने कहा कि रामनगर में कुमांऊ और गढ़वाल से संचालित होने वाली बसों के लिए बस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा कार्यक्रम में शिरकत कर रहे वनमंत्री डॉ हरकसिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार ने महिलाओं को नेचर गाइड बनाने का देश में पहला प्रयोग किया है जिसके माध्यम से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होगी आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना राज्य में आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत निशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने के लिये न्याय पंचायत स्तर पर शिविरों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों के कार्ड बनाये जायेंगे

उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनाये जाने में प्रधानों की विशेष भूमिका है उन्होंने प्रधानों से न्याय पंचायत क्षेत्र में सभी पात्र लाभार्थियों के कार्ड बनवाने की अपील की

कार्ड बनाये जाने के लिये पंचायती राज और महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारी और अधिकारी सहयोग करेंगे आयुष्मान कार्ड बनाये जाने के दौरान सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली तीन ग्राम पंचायतों को सम्मानित भी किया जायेगा पूरे जिले के अंतर्गत सबसे बेहतर काम करने वाले ग्राम पंचायत को राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री विशेष सम्मान और पुरस्कार देंगे

एग्जीबिशन में डीआरडीओ को पहला डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को दूसरा और एनएचपीसी को तीसरा पुरस्कार मिला नमामि गंगे और कोर बोर्ड को स्पेशल पुरस्कार दिया गया एग्जीबिशन में डिफेंस और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मुंबई की रिसर्च भी दिखाई गई इस अवसर पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से आये वैज्ञानिक सुभाष गौतम ने इंसास राइफल की खूबियों के बारे में बताया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के स्टाल पर लोगों को माइक्रोफाइन नीम बायो पेस्टिसाइड सोलर ड्रायर मास्क टेक्नोलॉजी सॉयल टेस्टिंग किट और फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी गई मेगा एग्जीबिशन में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारतीय सर्वेक्षण विभाग एनआरडीसी एनएचपीसी उत्तराखंड काउंसिल फॉर बायोटेक्नोलॉजी एनएचडीसी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड सीएसआईआर और आईसीएमआर के स्टालों पर भी लोगों की भीड़ दिखाई दी भूवैज्ञानिक कविता कांडपाल ने लोगों को जीवांश से संबंधित जानकारी दी

जन जागरूकता अभियान के बाद एसडीआरएफ की टीम ने स्वच्छता अभियान भी चलाया जिसमें पॉलीथिन प्लास्टिक बॉटल्स और पर्यावरण के लिए घातक वस्तुओं को जमा किया गया

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशभर से लोगों के विचारों रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन मंच में अपने विचार साझा कर सकते हैं

मौसम मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के उत्तरकाशी चमोली रूद्रप्रयाग बागेश्वर और पिथौरागढ जिलों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फवारी हो सकती है जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा वर्षा जल संचय अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्व जल दिवस के अवसर पर कल कैच द रेन यानि वर्षा जल संचय अभियान का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ करेंगे वर्षा जल संचय अभियान देशभर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चलाया जाएगा और इसका नारा होगा जहां भी गिरे और जब भी गिरे वर्षा का पानी इकहा करें

नामकरण देहरादून स्थित डोईवाला विधानसभा में आज पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा प्रेमनगर बाजार के कुड़कावाला जाने वाले सड़क मार्ग का नाम प्रथम महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर रखा गया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मां भारती के प्रति शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई का त्याग समर्पण और बलिदान हमें अनंतकाल तक मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा योगाभ्यास कार्यक्रम विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की पहल पर विधानसभा में प्रत्येक माह आयोजित होने वाले योगाभ्यास कार्यक्रम का योगाचार्य वीरेंद्र चौहान दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया इस अवसर पर योगाचार्य ने कहा कि जब हम स्वस्थ होगें तभी स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं इस लिए सभी लोगों को अपनी दिन चर्या में योग को जरूर शामिल करना चाहिए